प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि किसानों और गांवों के सशक्त होने पर ही भारत आत्मनिर्भर बनेगा आकाशवाणी से कल मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र किसान और गांव ही आत्मनिर्भर भारत का आधार हैं उन्होंने कहा कि संकट की इस घड़ी में कृषि क्षेत्र ने अपना दम खम दिखाया

कोरोना के इस कठिन समय में हमारा कृषि क्षेत्र हमारा किसान इसका जीवंत उदाहरण हैं संकट के इस काल में भी हमारे देश के क्रवि क्षेत्र ने फिर अपना दमखम दिखाया है साथियो देश का कृषि क्षेत्र हमारे किसान हमारे गाँव आत्मनिर्मर भारत का आधार है ये मजबूत होंगे तो आत्मनिर्भर भारत की नींव मजबूत होगी श्री मोदी ने यह भी कहा कि हाल के समय में किसानों ने स्वयं को अनेक प्रतिबंधों से स्वतंत्र किया है और मिथकों को तोड़ने का प्रयास किया है उन्होंने कहा कि किसानों में अपने फल और सब्जियों को कहीं भी किसी को भी बेचने की ताकत है श्री मोदी ने इस बात पर बल दिया कि अब यही ताकत देश के दूसरे किसानों को भी मिली है अपने फल सब्जियों को कहीं पर भी किसी को भी बेचने की ताकत है और ये ताकत ही उनकी इस प्रगति का आघार है अब यही ताकत देश के दूसरे किसानों को भी मिली है फल सब्जियों के लिए ही नहीं अपने खेत में वो जो पैदा कर रहें हैं धान गेहूं सरसों गन्ना जो उगा रहे हैं उसको अपनी इच्छा के अनुसार जहाँ ज्यादा दाम मिले वर्हीं पर बेचने की अब उनको आजादी मिल गई है प्रधानमंत्री ने लखनऊ के किसान समूह इरादा की चर्चा भी की ऐसा ही एक लखनऊ का किसानों का समूह है उन्होंने नाम रखा है इरादा फार्मर प्रोडयूसर इन्होंने भी लॉकडाउन के दौरान किसानों के खेतों से सीधे फल और सब्जियों ली और सीधे जा करके लखनऊ के बाजारों में बेची बिचौलियों से मुक्ति हो गई और मन चाहे उतने दाम उन्होंने प्राप्त किये प्रधानमंत्री मोदी ने कहानी सुनाने की कला पर विस्तार से बताया कि कैसे यह हमेशा से भारतीय संस्कृति का हिस्सा रही है हर परिवार में कोई न कोई बुजुर्ग और अग्रज कहानियां सुनाया करते थे और घर को नई प्रेरणा नई ऊर्जा से भर देते थे भारत में कहानी कहने की या कहें किस्सा गोई की एक समुद्ध परंपरा रही है हमें गर्व है कि हम उस देश के वासी है जहाँ हितोपदेश और पंचतंत्र की परंपरा रही है जहाँ कहानियों में पशु पक्षियों और परियों की काल्यनिक दुनिया गढ़ी गयी ताकि विवेक और बुद्धिमता की बातों को आसानी से समझाया जा सके हमारे यहाँ कथा की परंपरा रही है श्री मोदी ने लोगों से आग्रह किया कि परिवार के हर सदस्य को देश के स्वतंत्रता संग्राम और स्वतंत्रता सेनानियों की शौर्य गाथाओं से परिचित कराना चाहिए श्री मोदी ने स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह को याद किया जिनकी आज अट्ठाइस सितंबर को जयंती है प्रधानमंत्री ने कहा कि दो अक्टूबर पवित्र और प्रेरक दिवस है यह दिन महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को याद करने का दिवस होता है उन्होंने कहा कि अगर गांधी के आर्थिक चिंतन की मूल भावना को समझा गया होता तो आज आत्मनिर्मर भारत अभियान की आवश्यकता ही नहीं पड़ती प्रधानमंत्री ने भारतरत्न लोकनायक जयप्रकाश जी का भी स्मरण किया जिनकी जयंती ग्यारह अक्तूबर को है उन्होंने कहा कि जेपी नारायण ने भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा में अग्रणी भूमिका निभाई है श्री मोदी ने भारतरत्न नानाजी देशमुख को भी याद किया जिनकी जयंती भी ग्यारह अक्तूबर को ही है प्रधानमंत्री ने लोगों से इनके मूल्यों को जीवन में अपनाने की अपील की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कल मन की बात कार्यक्रम में लखनऊ के निजी किसान समूह इरादा द्वारा लॉकडाउन के दौरान किये गये कार्यो का उल्लेख किया समूह के निदेशक दया शंकर सिंह ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में बताया कि लॉकडाउन के दौरान किसानों से सब्जियां और फल खरीदकर आम जनता तक पहंचाने और किसानों को लाभ दिलाने का कार्य चुनौतियों से भरा था उन्होंने बताया कि वह जैविक खेती और अनुबंध खेती पर काम कर रहे हैं जो किसानों के लिए लाभदायक सिद्ध होगी

गृहमंत्री अमित शाह ने कल पूर्वोत्तर राज्यों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए डेस्टीनेशन नॉर्थ ईस्ट कार्यक्रम का उदघाटन किया इसका उद्देश्य पूर्वोत्तर क्षेत्र में पर्यावरण अनुकल पर्यटन संस्कृति धरोहर और व्यापार जैसी विभिन्न क्षमताओं को उजागर करना है श्री शाह ने कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र की संस्कृति बेजोड़ है और वहां के लोगों ने इसे संरक्षित किया है उन्होंने इस क्षेत्र की बेजोड़ संस्कृति को भारतीय संस्कृति का आभूषण बताया

मैंने जो खूबसूरती नार्थ ईस्ट के अंदर देखी है शायद ही कहीं देखने को मिल जाए और इतनी विक्वि भाषाएं विक्वि संस्कृति और संस्कृति को नॉर्थ ईस्ट ने प्रर्केत्तर ने सजा कर संजोकर रखा है आज भी इतने सालों की संस्कृति इतने सालों का संगीत इतने सालों का नृत्य इतने सालों से बोले जाने वाली भाषाएं इतने संघर्ष के बाद भी हम लोगों के बाद भी जसे की तस संगालकर रखी है गृहमंत्री ने कहा कि नरेन्द्र मोदी सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्र में विकास का ढ़ांचा मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है और भविष्य में यह विश्व में पर्यटन का महत्वपूर्ण स्थल होगा कल देश भर में विश्व पर्यटन दिवस मनाया गया इस बार का विषय था पर्यटन और ग्रामीण विकास देश की सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत को सुरक्षित रखने में पर्यटन की अहम भूमिका है इस अवसर पर प्रदेश भर में अनेक कार्यक्रम आयोजित किये गये पर्यटन संस्कृति एवं धर्मार्थ कार्य राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर नीलकंठ तिवारी ने वाराणसी में विश्व पर्यटन दिवस के मौके पर पर्यटकों और गाइडों को सम्मानित किया उन्होंने कहा कि गंगा घाट के किनारे के गांवों को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने की अर्थ गंगा परियोजना पर काम हो रहा है उन्हॉने कहा कि काशी आध्यात्म तथा पर्यटन का विशेष केन्द्र माना जाता है इस केन्द्र को पूनः उसी रूप में स्थापित करने के लिये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में लगातार कार्य किया जा रहा है वहीं आगरा में पर्यटन उद्योग से जुड़े होटल और रेस्तरां मालिकों द्वारा ताजमहल और आगरा किला पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया ताजमहल को देखने आये पर्यटकों को कोरोना से बचाव का संदेश देते हुए सैनेटाइज कराकर मास्क का वितरण किया गया और अतिथि देवों भव की परम्परा को निभाते हए सभी पर्यटकों का स्वागत किया गया प्रदेश में कोविड नाइन्टीन के मरीजों के स्वस्थ होने की दर चौरासी दशमलव एक नौ प्रतिशत हो गई है अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि पिछले छत्तीस घंटों में राज्य में कोविड नाइन्टीन के पांच हजार छः सौ छप्पन मरीज स्वस्थ हुए जबकि पचपन हजार छः सौ तीन मरीजों का उपचार चल रहा है अब तक तीन लाख पच्चीस हजार आठ सौ अट्ठासी मरीज पूरी तरह से स्वस्थ हो गये हैं श्री प्रसाद ने बताया कि पिछले छत्तीस घंटों में कोरोना वायरस के सतहत्तर मरीजों की मौत हो गई इसके साथ ही राज्य में इस संक्रमण से मरने वालों की संख्या पांच हजार पांच सौ चौरानबे हो गई है उन्होंने बताया कि प्रदेश में प्रतिदिन डेढ़ लाख से ज्यादा नमूनों की जांच की जा रही है